मुजफ्फरपुर जिले में चमकी बुखार को लेकर व्यापक जन जागरूकता शुरू

और राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी

केन्द्र सरकार ने दिमागी बुखार से उत्पन्न हालात से निपटने के लिये वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञों और स्वास्थ्य कर्मियों का दल मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गया है ये टीमें दिमागी बुखार से उत्पन्न स्थिति से निपटने में राज्य सरकार के प्रयासों को और मजबूत करने में सहयोग करेंगी नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्धन की अध्यक्षता में आज दिमागी बुखार के मामलों के प्रबंधन के लिए जन स्वास्थ्य उपायों की समीक्षा बैठक में विशेषज्ञ दल भेजने का निर्णय लिया गया केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह टीमें अस्पतालों में भर्ती मरीजों की चिकित्सकीय देखभाल करेंगी और आस पास के क्षेत्रों में ऐसे मामलों की निगरानी भी करेंगी इधर पटना दरभंगा और नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पतालों से चिकित्सकों ने श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर में कार्यभार संभाल लिया है अतिरिक्त चिकित्सकों की तैनाती से अस्पताल में चौबीस घंटे डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी मुजफ्फरपुर के सोलह प्रखंडों में दिमागी बुखार से निपटने के लिए व्यापक जन जागरुकता और ओ आर एस वितरण का अभियान शुरु किया गया है इस कार्य की निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों और मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गयी है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं स्वयं सहायता समूह जीविका की दीदियों को दिमागी बुखार से प्रभावित इलाके में सभी घरों से संपर्क करने को कहा गया है इधर रोटरी लायंस और अन्य स्वयंसेवी संगठनों ने भी जन जागरूकता के लिये अभियान शुरू कर दिया है साथ ही बीमारी से पीड़ित लोगों की मदद के लिये भी बड़े पैमाने पर कार्य कर रहे हैं उधर राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार से मृत उनहत्तर बच्चों के निकटतम आश्रितों के लिए पौने तीन करोड रुपये से अधिक की अनुग्रह सहायता राशि जारी की है राज्य सरकार ने बीमार बच्चों को अस्पतालों तक पहुंचाने के लिये अतिरिक्त मोबाईल एम्बुलेंस सेवाएं भी शुरू की हैं मुजफ्फरपुर के जिला चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एसपी सिंह ने बताया कि मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल से ग्यारह अतिरिक्त एम्बुलेंस प्रभावित क्षेत्रों में भेजे गये हैं वहीं दस और एम्बुलेंस लगाये जा रहे हैं डॉक्टर सिंह ने बताया कि सोलह प्रखंडों में पहले से ही एक एक एम्ब्रलेंस तैनात किये गये हैं मुजफ्फरपुर जिले में सभी पदाधिकारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी गयी हैं दिमागी ब्रुखार से पीड़ित बच्चों के इलाज को लेकर दायर की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई के लिये उच्चतम न्यायालय सहमत हो गया है इस महीने की चौबीस तारीख को इस मामले में सुनवाई शुरू होगी याचिका में इंसेफ्लाईटिस के मामलों से निपटने के लिये त्वरित रूप से विशेषज्ञों की एक मेडिकल टीम गठित करने की मांग की गयी है समिति के गठन को लेकर न्यायालय से केन्द्र सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है एनडीए उम्मीदवार ओम बिड़लाआज सत्रहवीं लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए कांग्रेस डीएमके तृणमूल कांग्रेस बीजू जनता दल तेलगू देशम वाईएसआर कांग्रेस जनता दल यूनाइटेड और शिवसेनासहित सभी प्रमुख दलों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस प्रस्ताव का समर्थन कियाजिसमें ओम बिड़ला का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया था बाद में कार्यवाहकअध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार ने ओम बिड़ला के लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित किए जाने कीघोषणा की प्रधानमंत्री और विभिन्न दलों के नेता उन्हें अध्यक्ष के आसन तक ले गए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के राजनीतिक जीवन पर हमारे संवाददाताकी रिपोर्ट साउंड बाईट कृषि और सामाजिक कार्योसे जुड़े ओम बिड़ला ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरूआत छात्र नेता के रूप में की

एक सक्रिय सांसद के रूप में ओम बिड़ला कई संसदीय समितियों में भी कामकर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री बिड़ला को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपना सारा जीवन जन सेवा में लगा दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि बिड़ला जिस कोटा निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं उसे लघु भारत और शिक्षा का केंद्र माना जाता है

समाज जीवन की कहीं पर भी पीड़ा अगर उनको नजर आई तो पहले पहचनेवाले व्यक्तियों में से रहे राजधानी पटना समेत राज्य के मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि लू को देखते हुए एहतियात के तौर पर सुबह साढ़े दस बजे से शाम चार बजे तक सार्वजनिक और निजी निर्माण कार्यों और मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों पर रोक लगा दी गयी है शेखपुरा जिले में पिछले चौबीस घंटे के दौरान लू के कारण तीन महिला सहित चार लोगों की मौत हो गयी मुंगेर जिले में लू के कारण चार लोगों की मौत हो गयी जबकि बाईस लोग विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराये गये हैं

सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि जिले में लू से मरने वालों की संख्या बढ़कर बावन हो गयी है इधर भोजपुर जिला मुख्यालय आरा में ड्यूटी पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल का एक जवान लू के कारण बेहोश हो गया बीमार जवान को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहीं भोजपुर जिला प्रशासन ने आज उन इकाईयों के विरूद्ध कार्रवाई की है जहां निषेध अवधि में मजदूरों से कार्य कराये जा रहे थे राजधानी पटना समेत राज्य के मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है गया आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान बयालीस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया हालांकि दोपहर बाद आकाश में बादल छाने और प्रबा हवा चलने से थोड़ी देर के लिये लोगों को गर्मी से राहत मिली मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में वृद्धि का सिलसिला जारी रहेगा और पछ्आ हवा के प्रभाव से लू से राहत की उम्मीद भी फिलहाल नहीं है पूर्वानुमान के अनुसार कल पटना गया भागलपुर का अधिकतम तापमान बयालीस डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना रहेगा वहीं उत्तर बिहार और सीमांचल के क्षेत्रों में आकाश में बादल छाये रहेंगे और कहीं कहीं गरज के साथ बारिश हो सकती है जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद जवान सीवान के अमरजीत कुमार का पार्थिव शरीर आज पटना लाया गया पटना हवाई अड्डे पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किये सीवान जिले के दिघवलिया में शहीद अमरजीत कुमार का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जवान की शहादत पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि इनकी शहादत देश हमेशा याद रखेगा श्री कुमार ने कहा कि पूरा बिहार शहीद के परिवार के साथ है बिहार सरकार ने लोहार जाति के अभ्यर्थियों को अनुसूचित जनजाति का आधिकारिक दर्जा दे दिया है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है कि लौहार जाति को अब ओबीसी का प्रमाण पत्र नहीं जारी किया जायेगा जिलाधिकारियों को दिये परामर्श पत्र में स्पष्ट किया गया है कि इन अभ्यर्थियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र और अन्य सुविधाएं दी जा सकती हैं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्य में व्यवसाय कर रहे बैंकों को निर्देश दिया है कि वे विकास कार्यों को लेकर निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा करें पटना में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की अड़सठवीं त्रैमासिक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विभिन्न ऋण योजनाओं को लेकर बैंकर्स सक्रिय भूमिका निभायें

पटना की एक विशेष अदालत ने धोखाधड़ी जालसाजी और भ्रष्टाचार के मामले में बांका जिले के पूर्व उप समाहर्ता चंद्रशेखर प्रसाद को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है आरोपी ने आज ही सतर्कता के विशेष न्यायाधीश मधुकर कुमार की अदालत में आत्मसमर्पंण कर जमानत की अपील की थी शिवहर जिले के जिलाधिकारी अरशद अजीज ने जिला स्तरीय बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण दो बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों और तीन महिला पर्यवेक्षकों के वेतन में कटौती के निर्देश दिये हैं साथ ही इनसे स्पष्टीकरण देने को कहा गया है

मुजफ्फरपुर जिले में चमकी बुखार को लेकर व्यापक जन जागरूकता शुरू

और राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी